रेलवे में पदस्थापित बिहार पुलिस के लगभग नौ सौ सिपाहियों और दो सौ दस हवलदारों का तबादला कर दिया गया है ये सभी पिछले छह वर्षो से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे सभी रेल पुलिस अधीक्षकों को तबादले की सूची में आने वाले पूलिस कर्मियों को एक दिसंबर तक विरमित करने का निदेश दिया गया है गौरतलब है कि पटना पुलिस लाइन में हंगामा और उपद्रव के बाद पिछले सप्ताह भी बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला किया गया था आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बेगूसराय स्थित आवास पर आज दूसरे दिन भी कुर्की जब्ती की गयी मंझौल के एसडीपीओ सूर्यदेव कुमार ने बताया कि कुर्की जब्ती के दौरान पुलिस घर के सभी सामानों को सूचीबद्ध कर अपने साथ ले गयी है सूत्रों के अनुसार पुलिस पूर्व मंत्री के पटना स्थित सरकारी आवास को भी कर्क करने के लिए सोमवार को अदालत में आवेदन दे सकती है इधर एडीजी एस के सिंघल ने कहा है कि पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर बाघ अभ्यारण्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा श्री कुमार आज अभ्यारण्य में पर्यटन के विस्तार के लिए की गयी नयी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे मूख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकिनगर व्याघ्र अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए उनकी पहल पर दो सौ एकड़ जमीन आवंटित की गई है श्री कुमार ने कहा कि वाल्मीकिनगर बाघ अभ्यारण्य में अगले वर्ष तक एक लाख पर्यटकों के आने की संभावना है इसके लिए अभ्यारण्य में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे प्रदेश में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गयी वहीं एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गये दरभंगा जिले के बसेला मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सत्तावन पर आज एक बस के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटने से तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं बारह से अधिक लोग घायल हो गये सभी घायलों को ईलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बस दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है इधर कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या दो पर आज सुबह तीन वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं चार अन्य घायल हो गये सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के लालगंज गांव के पास एक ट्रैक्टर के झोपड़ी में घुस जाने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया सारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गयी बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में एक ऑटो रिक्शा के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी अदालत की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आज दिल्ली रवाना हो गए हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद नेतृत्व बेनामी सम्पत्ति और पारिवारिक कलह में इस कदर फंसा है कि उसके पास जनता के हित से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि सरकार विरोधी दल के नेता की हिफाजत में सीसीटीवी कैमरे लगाती है तो पूरे सरकारी तंत्र को बदनाम करने की कोशिश की जाती है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने पिछले बीस सालों से गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया तब पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सीताराम केसरी सहित सोलह गैर गांधी पूर्व अध्यक्षों की सूची जारी कर दी अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज नई दिल्ली में आर्गेनॉथन दौड़ का आयोजन किया गया स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि अंगदान से दूसरों को नया जीवन मिलता है

चाहे वो किडनी का हो हार्ट का हो लीवर का हो या शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों का हो हम एक व्यक्ति के मृत होने के बाद ऐसे सात लोगों को लंबे काल तक जिन्दगी दे सकते है और आज शपथ लिया गया कि अंग दान जीवन दान महादान महाकल्याण प्रदेश की सभी जीविका कार्यकर्ताओं ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन किया इस अवसर पर जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने सरकार से उचित अनुदान की भी मांग की पिछले चार सालों से देशव्यापी स्तर पर चल रहे स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों के सत्तर प्रतिशत से अधिक स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त बना दिया गया है केन्द्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से इसे अहम उपलब्धि बताया है मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश के चार हजार पांच सौ तेरह स्थानीय निकायों में से तीन हजार दो सौ इकतीस निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है इधर कल विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पटना के ग्यारह प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा इन ग्यारह प्रखंडों में तीन लाख दो हजार परिवारों के लिए शौचालय बन कर तैयार हो गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से प्रदेश के लोग लाभांवित हो रहे हैं और बैंक और डाकघरों में बड़ी संख्या में खाते खूलवा रहें हैं भागलपूर से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भागलपुर जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीयन कराकर लोग अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित हो रहे हैं

दुर्घटना या किसी प्रकार की मृत्यु होने पर दो लाख रुपए आश्रित को मिलेगी प्रधान डाकघर में करीब दस हजार लोगों ने अपना पंजीयन कराया है

यह गरीब परिवारों के लिए लाभकारी योजना साबित हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता पटना के एसके पूरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजेश रोड के पास खूले नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक को निकालने का अभियान आज भी जारी है पिछले तीस घंटे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नाले में फंसे बच्चे को खोजने के अभियान में जूटी हुई है पटना सहित प्रदेश के चौबीस जिलों में आज से पांच दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत हुई बाईस नवम्बर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की खूराक दी जाएगी अगले वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर बारह दिसम्बर कर दी गयी है गौरतलब है कि पासपोर्ट बनाने में परेशानियों के चलते अब तक काफी कम संख्या में आवेदन आये हैं जिसके कारण अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है सीतामढी के जिला पदाधिकारी रणजीत कुमार सिंह ने कहा है कि सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम का विकास एक सौ तिरसठ करोड़ की लागत से किया जायेगा अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री खूर्शीद आलम ने आज सीतामढ़ी जिले में आयोजित अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन में लोगों को प्रदेश में चलाए जा रही जन कल्याणकारी परियोजनाओं की जानकारी दी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मोतिहारी प्रखंड के अलग अलग स्थानों पर चौदह करोड़ की लागत से बनने वाले पांच पुलों का शिलान्यास सांसद संजय जयसवाल और स्थानीय विधायक रामचंद्र सहनी ने किया शेखप्रा जिला के शेखोप्रसराय थाना क्षेत्र के चरुआमा गांव में एक बच्चे की डेंगू से मौत हो गई कटिहार जिले में आजमनगर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी से तीन लाख बीस हजार रुपये लूट लिये खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के मुशहरी चौक पर पुलिस ने दो अपराधियों को दो देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है